प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ देष में अव्वल रहा पिछले दो सालों में प्रदेश ने इकयासी फीसदी लक्ष्य हासिल किया जाति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को राहत मिली सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए संत कुमार नेताम द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज किया कोरिया और रायगढ़ जिले में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त अधिकांश नदी नाले उफान पर कई मार्गों पर आवागमन बाधित हुआ अटल विकास यात्रा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के दौरान आज महासमुद पहुंचे उन्होंने जिले के विकास के लिए दो सौ चौव्वन करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न निर्माण कार्यो का लोकार्पण और शिलान्यास किया इनमें बागबाहरा में जल प्रदाय योजना भी शामिल है

कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक और सामान का वितरण किया इससे पहले मुख्यमंत्री बागबाहरा पहुंचे और रोड शो में भाग लिया इस दौरान उन्होंने बागबाहरा में व्यवहार न्यायालय खोलने की घोषणा की इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घ्रंचापाली चण्डी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्वि की कामना की इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए पंद्रह लाख रूपए देने की घोषणा भी की प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देष में अव्वल रहा है पिछले दो सालों में इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ ने इकयासी फीसदी लक्ष्य हासिल किया है इस उपलब्धि के लिए इस राज्य को आगामी ग्यारह सितंबर को नई दिल्ली में प्रथम प्रस्कार से नवाजा जाएगा इसके अलावा पांच विभिन्न वर्गो में भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे राज्य सरकार की ओर से विभागीय अधिकारी ये प्रस्कार ग्रहण करेंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव आर पी मण्डल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत संपूर्ण कार्य निष्पादन में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिये छत्तीसगढ़ को पहला पुरस्कार दिया जा रहा है वहीं जिलों के श्रेणी में कोण्डागांव को दूसरा और धमतरी को तीसरा पुरस्कार मिलेगा इसके अलावा विकासखंड की श्रेणी में रायगढ़ के सारंगढ ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है ग्रामीण राजमिस्त्री प्रषिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसके अतिरिक्त मैनेजमेंट इंफॉरमेंषन सिस्टम में आधार सीडिंग को लिए भी इस राज्य को पुरस्कार दिया जाएगा आयुष्मान भारत कार्यक्रम आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किफायती स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं और सबके लिए स्वास्थ्य बीमा योजना उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कई कदम उठाए हैं प्रकाश जावड़ेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूल और कॉलेजों में महात्मा गांधी के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं आज उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण सत्यप्रकाश सहित उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जोगी जाति मामला जाति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी को उच्चतम न्यायालय से भी राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए श्री जोगी की जाति से संबंधित संत कुमार नेताम द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं मानते हए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था इस फैसले को अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी हाईकोर्ट ने इस मामले में हाईपावर कमेटी पर ही सवाल उठाते हुए अजीत जोगी के जाति मामले में ये कहते हुए रोक लगा दी थी कि राज्य सरकार एक नई कमेटी बनाकर इस मामले की जांच कराए हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने फिर से कमेटी बना दी है इसी बीच संतकुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाईपावर कमेटी के फैसले को बरकरार रखने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सही है इसलिए इस मामले में अलग से कोई निर्देश जारी करने की जरूरत नहीं है

उन्होंने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी और स्वीप से संबंधित नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए श्री साहू ने मीडिया सर्टिफिकेषन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी एमसीएमसी को क्रियाषील करने के लिए भी कहा वहीं उन्होंने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिलों में स्वीप के कोर ग्र्प का गठन करने के भी निर्देष दिए

इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भुवनेश्वर कालिता के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा और अन्य नेता मौजूद थे बैठक में विधानसभा टिकट के दावेदारों के नाम पर चर्चा की गई इसके अलावा विधानसभा समन्वयकों के साथ जिला और विकासखंड अध्यक्षों की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई इस बीच रायपुर के पूर्व मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी केआर सोनवानी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य राकेश ठाकुर ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली उधर प्रदेश कांग्रेस का जंगल सत्याग्रह का दूसरा चरण आगामी नौ सितंबर को जगदलपुर से शुरू होगा

कार्यक्रम में मोटरसाइकिल रैली और ग्राम चौपाल का आयोजन होगा दूसरे चरण के जंगल सत्याग्रह में अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस को उपाध्यक्ष मनोज मंडावी भी शामिल होंगे स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदर्शन अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर आज रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का धेराव करने जा रहे ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जिन्हें बाद में सुभाष स्टेडियम में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया ये कर्मचारी पे ग्रेड और समयमान वेतनमान दिए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं वहीं नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की रायपूर में चल रही हड़ताल आज भी जारी रही इसके अलावा लिपिक वर्गीय कर्मचारी भी आज से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं कोरिया रायगढ़ बारिश कोरिया जिले में कल से लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण हसदो नदी सहित अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तैंतालीस में नागपुर बेलहरा के बीच हसदो नदी पर बने पुल के ऊपर से दो फीट पानी बह रहा है जिसके कारण इस मार्ग पर दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है वहीं मनेन्द्रगढ़ से बैकुंठपुर जाने वाले मार्ग और नई लेदरी से पराडोल तथा कोड़ा नारायणपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित सभी नालों का पानी पूल के ऊपर से बह रहा है इस वजह से इस मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है कलेक्टर नरेन्द्र दुग्गा ने आमजनों से अपील की है कि वे उफनाए नदी नालों से दूर रहें उधर रायगढ़ में आज सुबह बारिश रूकने से हालात सुधर रहे हैं हालांकि केलो नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है केलो बांध के सात गेट खोल दिए गए हैं शहर की कई निचली बस्तियों में पानी भरने से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कोनारगढ़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है दुर्घटना बिलासुपर जिले के पेंड्रा में आज स्कूली वाहन के पलट जाने से एक बालिका की मौत हो गई वहीं कई बच्चे घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार ये बच्चे जब स्कूल से घर लौट रहे थे तभी यह वाहन अनियंत्रित होकर नाले में पलट गया हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया वहां से गुजर रहे लोगों ने मौके पर पहंचकर वाहन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला संक्षिप्त समाचार द्र्ग में आज डेंगू से पीड़ित एक और बालिका की मौत हो गई जिले में अब तक डेंगू से इकतालीस लोगों की मौत होने की खबर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा आज से राजभाषा सप्ताह मनाया जा रहा है

कलमना गोंदिया दुर्ग और रायपुर बिलासपुर रेलखंडों के बीच रखरखाव की वजह से कल और परसों गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा मुंगेली जिले में आज अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेरक संघ ने चक्काजाम किया